प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के द्सरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह तीसरा संस्करण होगा मन की बात का आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन पर प्रसारण होगा साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में निगम बोध घाट में होगा छियासठ वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता का लंबी बीमारी के बाद कल एम्स में निधन हो गया था उन्हें नौ अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर आज सुबह पार्टी मुख्यालय ले जाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी बहरीन नेशनल स्टेडियम में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि नई दिल्ली में उनके प्रिय मित्र और सहकर्मी का निधन हो गया और वह इतनी दूर बहरीन में हैं प्रधानमंत्री ने जेटली को घनिष्ठ मित्र बताया जिसे सभी मामलों की बारीकी से गहरी समझ थी श्री मोदी ने जेटली की पत्नी और पुत्र से फोन पर बातचीत कर संवेदना व्यक्त की दोनों ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री को अपनी विदेश यात्रा रद्द नहीं करनी चाहिए वहीं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन पीयूष गोयल प्रकाश जावड़ेकर हर्ष वर्द्धन जितेन्द्र सिंह रविशंकर प्रसाद और एस जयशंकर तथा वयोवुद्ध भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जेटली को भावमीनी श्रद्धांजलि दी साथ ही प्रदेश भाजपा नेताओं पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की मोकामा के निर्दलीय विधायक अंनत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बाढ़ कोर्ट को सौंपने का आदेश दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिया है ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि एके सैंतालीस और ग्रेनेड बरामदगी मामले में विधायक को आज पटना लाया जायेगा और इसके बाद उन्हें बाढ़ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एसपी ने बताया कि विधायक को कोर्ट में प्रस्तुत करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति ने विधि व्यवस्था विगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी भारतीय रेलवे ने ट्रेन के साठ हजार नौ सौ छह डिब्बों में दो लाख से अधिक जैव शौचालय बनाये हैं रेल मंत्रालय ने बताया कि बाकी डिब्बों में भी जैव शौचालय बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है भारतीय रेलवे की जैव शौचालय परियोजना एक नवाचारी और घरेलू प्रौद्योगिकी विकास परियोजना है इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है संपत्ति के विवाद में होने वाली हत्याओं को रोकने की जिम्मेदारी थानेदार और चौकीदार की होगी पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी करते हुये कहा है कि संपत्ति विवाद को निपटाने की पहल अगर संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारी नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जायेगी एक अधिकारी ने बताया कि चौकीदार संपत्ति विवाद का पता लागायेंगे और इसकी जानकारी थाना में देंगे जिसके बाद थानाध्यक्ष संबंधित अंचलाधिकारी के साथ उसे सुलझाने की कार्रवाई करेंगे मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे मजदूरों की हाजिरी अब कार्यस्थल पर ही ऑनलाइन बनेगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर मनरेगा आयुक्त सीपी खंड्रजा ने सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्त को एक पत्र भेजकर स्पॉट हाजिरी शुरू कराने का निर्देश दिया है आयुक्त ने बताया कि मजदूरों की उपस्थिति नरेगा सॉफ्ट मोबाइल मॉनिटिरिंग सिस्टम के अंतर्गत ली जायेगी राज्य की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिये पथ निर्माण विभाग छह सौ किलोमीटर स्टेट हाईवे को बाईस फूट चौड़ा करेगा इसके लिये डीपीआर बनाया जा रहा है विभाग ने मार्च दो हजार बीस तक इन सड़कों को चौड़ा करने का लक्ष्य तय किया है विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े पूल भी बनाये जायेंगे अधिकारी ने कहा कि राज्य में चार हजार पांच किलोमीटर स्टेट हाईवे है जिसमें से छह सौ पैंतालीस किलोमीटर सड़क सिंगल लेन है कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में ग्रामीणों ने सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य बनाने की एक अनूठी पहल की है एक रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता संवाददाता साउंड बाईट मनिहारी प्रखंड के मौजा जंगला टाल इंग्लिश के स्थानीय निवासियों ने अपनी एक सौ तैंतालीस एकड़ रैयती जमीन पर बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य बनाने का फैसला किया है इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है

आकाशवाणी समाचार के लिये कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी कटिहार जिले में आजमनगर थाना क्षेत्र के विश्वास टोली में शौचालय टंकी की सफाई के दौरान दम घूटने से दो भाइयों की मौत हो गई सरकारी और निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के दो वर्षीय डीएलएड परीक्षा के पहले दिन की परीक्षा अब नौ सितंबर को होगी पहले यह परीक्षा दो सितंबर को होनी थी सारण जिले में दो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला शिक्षक समेत दो लोगों की मौत हो गई है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है समस्तीपुर जिले में रोसड़ा थाना क्षेत्र के रोसड़ा बाजार में पुलिस ने दो मोबाइल लूटेरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से तेरह मोबाइल बरामद किये गये हैं रोहतास जिले में विक्रमगंज थाना क्षेत्र के बड़कागांव में ग्यारह हजार वोल्ट की विद्युत तार की चपेट में आने से एक दंपत्ति की झुलसकर मौत हो गई भागलपुर रेलवे स्टेशन पर चलाये गए विशेष टिकट जांच अभियान में दो सौ अड़तीस बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया पकड़े गए यात्रियों से जूर्माने के रूप में कुल एक लाख दो हजार रुपए वसूले गए वहीं जुर्माना नहीं देनेवाले यात्रियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया राजधानी पटना के पाटलिपूत्र खेल परिसर में संपन्न चौंतीसवीं ऑल इंडिया डाक शतरंज प्रतियोगिता का खिताब तमिलनाडु के प्रदीप कुमार ने जीता जबकि बिहार के सुधीर कुमार सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे दोनों खिलाड़ियों के छह छह अंक होने के बाद स्विस नियम से जीत का निर्णय दिया गया वहीं राज्य ध्यानचंद स्मृति बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में पटना और खगौल ने बालक और बालिका वर्ग के अपने अपने मैच जीत कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है मौसम विभाग ने कहा है कि तीस अगस्त तक मॉनसून के कमजोर हो जाने के कारण तापमान में वृद्धि होगी स्थानीय कारणों से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है विभाग ने कहा है कि कोसी बागमती और गंगा नदी के जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है जबकि पटना में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने की संभावना है केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर बलतारा में खतरे के निशान से छह सेंटीमीटर ऊपर था जिसमें सात सेंटीमीटर बढ़ोतरी की संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली के निधन और मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को बाढ़ कोर्ट में पेश किये जाने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अनंत यात्रा पर अरूण जेटली प्रभात खबर ने लिखा है कोर्ट ने अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार पुलिस को सौंपा दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है रसूखदार ने नाबालिग से किया दुष्कर्म न्याय के लिये पुलिस ने पीड़िता को पंचायत में भेजा पंचों ने आरोपी को ग्यारह चप्पल मारने और पांच लाख जुर्माने की सजा देकर मामला निपटाया दैनिक जागरण लिखता है भाजपा जदयू की दोस्ती के गारंटर थे जेटली राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है मोदी को यूएई का सर्वोच्च सम्मान